स्लग मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्म सम्मान और संप्रभुता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीसवीं शताब्दी में दो विश्वं युद्धों में एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने शांति के लिए एक ऐसे युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था उन्होंने कहा कि भारत की नजर कभी भी किसी की धरती पर नहीं रही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सैनिक भेजने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है

उन्होंने वायु सेना में स्त्री प्रुरुष समानता सुनिश्चित किये जाने पर प्रसन्नता व्यंक्त की श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्वं में सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरघा उत्पादों की खरीद के बारे में भी सोचने को कहा जिससे अनेक बुनकरों को लाभ होगा श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी स्मरण किया और कहा कि उनका नाम आते ही मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ आता है और उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को गर्व से भर देता है स्लग ज्ञानकुम्म मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज उच्च शिक्षा का दायरा तेजी से फैल रहा है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है देहरादून में ज्ञान कुंम के लोगो और वेबसाइट के लोकार्पण के मौके पर श्री रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और इसे इनोवेटिव सोच के साथ शोधपरख बनाने के मकसद से ही इस बार ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है

इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य को लेकर मंथन होगा इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉधन सिंह रावत ने कहा कि ज्ञान कृम्भ का यह आयोजन देश में अपने प्रकार का पहला आयोजन है इसमें देशभर के सभी राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा सचिव सभी विश्वविद्यालय के कुलपति समस्त आईआईटी एनआईटी आईआईटी और समस्त शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक अध्यक्ष सम्मिलित होंगे उन्होंने कहा इस सम्मेलन से उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बल मिलेगा गौरतलब है कि उच्च शिक्षा पर विचार विमर्श के लिए इतने व्यापक स्तर देश में पहली बार ज्ञान कुम्भ का आयोजन हो रहा है स्लग स्वच्छता ही सेवा बागेश्वर के स्याकोट में स्वच्छता ही सेवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपषिश्ट प्रबन्धन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया

इस मौके पर बताया गया कि वर्तमान में जनपद ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत काम किया जा रहा है जैविक कूड़े के निस्तारण के लिए वर्मी कम्पोस्ट पिटों का निर्माण अजैविक कूड़े के लिए कूड़ा सग्रहण केन्द्रो और तरल अपषिश्ट प्रबन्धन के लिए निकास नालियों और सोख्ता पिटों का निर्माण कार्य किया जा रहा है स्लग स्वच्छता ही सेवा बागेश्वर में स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत स्वच्छता रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की रैली के जरिए लोगों से कूड़े को इधर उधर न फेकने और कूड़ेदान में ही डालने की अपील की गई लोगों को बताया गया कि साफ सफाई न होने से डेंगू मलेरिया सहित कई अन्य संक्रमित रोग होते हैं लोगों से कहा गया कि सफाईकर्मियो द्वारा घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है जिसमें सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए

स्पंदन केंद्रो में महिलाओं को बच्चों के पोषण और संतुलित आहार के संबध में जानकारी दी जा रही है जिससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को खासा लाभ मिल रहा है लाभार्थी रुखसार और चंद्रेश्वरी का कहना है कि उन्हें पौष्टिक व्यंजन और उस में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक तत्वों के विषय में बताया गया साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि कैसे बच्चों को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व भोजन के माध्यम से दे सकते हैं जिससे कि कुपोषण की गंभीर समस्या से बचा जाए

मकसद है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन देने और उनके फायदे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना ताकि एक स्वस्थ और मजबूत भविष्य की नींव रखी जा सके स्लग पराक्रम पर्व पराक्रम पर्व के अवसर पर देहरादून और हल्द्वानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों को स्थानीय लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया स्कूली बच्चों एनसीसी कैंडेट्स युवाओं समेत स्थानीय लोगों ने सेना के उपकरणों जैसे लॉन्चर पैड आर्टिलरी ग्रेनेड लॉन्चर हथियारबंद ट्रक और विभिन्न प्रकार की मशीन गनों का नजदीक से मुआयना किया सेना के जवानों ने लोगों को हथियारों की जानकारी दी इस मौके पर लोग जोश और उत्साह से लबरेज नजर आये

इस मौके पर ब्रिगेड के मिलिट्री बैंड ने परफॉर्म किया और बच्चों ने कैनवास पर सरहद पर तैनात सेना के जवानों के लिए संदेश लिखे साथ ही उपस्थित लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक पर फिल्म भी दिखाई गई इस आयोजन से लोगों को सेना की कार्यप्रणाली और द्रश्मन के विरुद्ध उसकी सैन्य क्षमताओं की झलक देखने को मिली वहीं सेना के जवानों में भी जोश दिखा उघर टिहरी जिले के पूर्व सैनिकों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ख्रशी जताई है रिटायर्ड कैप्टन कुंवर सिंह राणा कहते हैं केंद्र सरकार ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

चमोली जिले के मूख्यालय गोपेश्वर और सैनिक छावनी जोशीमठ में भी पराक्रम दिवस मनाया गया गोपेश्वर सैनिक कल्याण अधिकारी ने गोष्ठी का आयोजन कर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया वहीं सैनिक छावनी जोशीमठ में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को सैनिक हथियारों के बारे में जानकारी दी गई

वहीं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रुद्रपुर के पूर्व सैनिकों ने भी खुशी जताई है